मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में कल शिमला में हई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया

बैठक में सार्वजनिक परिवहन को आगामी आदेशों तक बंद रखने व निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही चलाने की स्वीकृति देने का निर्णय भी लिया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने लोगों से कोरोना महामारी को काबू करने में इस कर्फ्य के प्रभावी कार्यन्वयन में अपना सहयोग देने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सड़कों और पुल परियोजनाओं के निष्पादन संबंधी वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने पर बल दिया है शिमला में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का निष्पादन करने वाले विभाग के इंजीनियरों को कृशलता से कार्य करने के निर्देश भी दिये

जयराम ठाकुर ने राजमार्गों पर यातायात के अधिक दबाव को देखते हुए गुणात्मक निर्माण व रखरखाव पर विशेष बल देने की जरूरत भी बताई रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डी आर डी ओ ने कोरोना संक्रमित लोगों के लिए दवाई बनाई है भारतीय औषध महानियंत्रक ने मध्यम से गंभीर कोविड रोगियों के उपचार के लिए इस दवाई के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है यह दवाई पाउडर के रूप में उपलब्ध है जिसे पानी में घोलकर लेना होगा पेट में जाकर यह दवाई संक्रमित कोशिकाओं के साथ मिल जाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है तथा प्रतिरोधी क्षमता बढाती है प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं

उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करने का आहवान किया है

उन्होंने प्रतिनिधियों से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संकमितों की हर संभव सहायता और क्वारंटीन नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने का आहवान किया समाचार पत्रों की सुर्खियों पर कोरोना कर्फ्यू में कल से और सख्ती किये जाने संबंधी खबर को लगभग सभी समाचार पत्रों ने आज प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में नहीं चलेंगी बसें निजी गाड़ियों पर भी रोक दैनिक जागरण के मुताबिक कल से चार जिलों में लॉकडाउन की तैयारी सीमावर्ती जिलों कांगड़ा ऊना सोलन व सिरमौर में बढ़ेगी सख्ती हिमाचल दस्तक की एक खबर है पीएम ने सीएम से ली हिमाचल की रिपोर्ट इसी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है मोदी ने जयराम से हालात की ली जानकारी पंजाब केसरी के शब्द हैं जयराम से बोले मोदी हम कमी दूर करेंगे आप आम आदमी को परेशानी से बचाये आपका फैसला ने डीजीपी के ब्यान को सुर्खी दी है फर्जी प्रमाण पत्र के साथ हिमाचल में एंट्री की तो होगी गिरफ्तारी शादियों में लापरवाही पर पूलिस का डंडा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में कई जगह आयोजकों पर एफआईआर कहीं नियमों के उल्लंघन पर चालान कर वसूला जुर्माना जोगिन्द्रनगर विधानसभा के पूर्व विधायक राम सिंह के निधन संबंधी खबर को भी लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है